श्री भगत कल जयप्र में ईवीएम और वीवीपैट की प्रथम स्तरीय जांच के संबंध में आयोजित एकदिवसीय कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे

राज्य में होने वाले चुनाव के लिए आयोग से दो लाख ईवीएम और वीवीपैट मशीनें मंगवाई जा रही हैं

इस कार्यशाला में देश भर से सैकडो बिल्डर्स इंजीनियर्स आर्किटेक्ट्स और निर्माण विशेषज्ञ भाग लेंगे भवन निर्माण से जुड़े प्रोफेशनल्स को हैरिटेज बिल्डिंग्स की मरम्मत और निर्माण की गहन जानकारी देने के लिए कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है सेमिनार के दौरान हेरिटेज कंजरवेशन के क्षेत्र में नवीनतम उपलब्धियों पर चर्चा की जाएगी

खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा कल जयपुर में इस संबंध में एक बैठक आयोजित की गई बैठक में खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग की शासन सर्चिव ने बताया कि उपभोक्ताओं के लिये भुगतान के नकद और ऑनलाईन ट्रांसफर दोंनो ही विकल्प मौजूद रहेंगे

राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष सुमन शर्मा ने बताया कि दाती महाराज के हिसाब से आश्रम में करीब आठ सौ बच्चियां हैं लेकिन इसका कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है श्रीमती शर्मा ने बताया कि लड़कियों की उम्र भी गलत पाई गई है उन्होंने बताया कि इस मामले में लड़कियों की सुरक्षा के लिये पाली जिला प्रशासन को पत्र लिखा जायेगा गौरतलब है कि दाती मदन महाराज पर अपनी शिष्या के साथ दुष्कर्म करने का आरोप है

पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष अखिलेश तिवाडी ने बताया कि निर्वाचन आयोग द्वारा पंजीकरण होने के बाद अब पार्टी राज्य में होने वाले आगामी विधानसभा चुनावों में सभी दो सौ सीटों पर पंजीकृत राजनीतिक दल के रूप में अपने प्रत्याशी मैदान में उतार सकेगी उन्होनें बताया कि पार्टी राजस्थान में विधायक धनश्याम तिवाडी के नेतृत्व में सभी दो सौ विधानसभा सीटों पर चुनाव लडेगी

विभाग के करौली नागौर हनुमानगढ अजमेर पाली और सवाईमाधोपुर जिलाधिकारियों को यह कारण बताओ नोटिस जारी किया है

पुलिस को सूचना मिलने पर क्षेत्र के सांकडा मोड पर नाकाबंदी कर एक सफेद रंग की बोलेरो जीप की तलाशी ली गई

पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जांच शुरू कर दी है